लोस चुनाव दूसरा चरण प्रदेश में दूसरे चरण के तीन लोकसभा क्षेत्रों के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया है अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे दूसरे चरण में कांकेर महासमुद और राजनादगांव संसदीय क्षेत्रों में परसों अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इन तीनों लोकसभा सीटों पर उनचास लाख सात हजार से अधिक मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें चौबीस लाख उनहत्तर हजार से अधिक महिलाएं और करीब चौबीस लाख अड़तीस हजार पुरूष मतदाता तथा उनसठ तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं महासमुद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक है इन लोकसभा सीटों के लिए ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग का काम पूरा कर लिया गया है और कल मतदान दलों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया जाएगा इस दौरान गरियाबंद और राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर के कुछ दुर्गम मतदान केन्द्रों में पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के अनुसार कांकेर राजनांदगांव महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों के तेरह विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सांत बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे वहीं अति संवेदनशील पांच विधानसभा क्षेत्रों और बिंद्रानवागढ़ के छह मतदान केन्द्रों पर सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के कामरभौंदी आमामोरा ओढ़ बड़ेगोबरा सहबीनकछार और कोदोमाली मतदान केन्द्रों में भी दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे मतदान के लिए इन तीन संसदीय क्षेत्रों में छह हजार चार सौ चौरासी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं चनाव प्रचार प्रदेश में तीसरे चरण के लिए जिन सात संसदीय क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभाएं लीं कोरबा में आमसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने हाल ही में दंतेवाड़ा में माओवादी हमले में हुई भाजपा विधायक भीमा मंडावी और चार जवानों की शहादत को याद किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस माओवादियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है

भाटापारा की सभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में सभी किसानों को लाएगी और खेतीहर मजदूरों तथा छोटे दुकानदारों को भी पेंशन देगी प्रधानमंत्री की दोनों आमसभाओं में भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता और तीसरे चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें से अनेक संसदीय क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशी मौजूद थे दूसरी ओर भाजपा की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री उमा भारती चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ पहुंची उन्होंने बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के बोरतरा में आमसभा लीं अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान वे कल बिलासपुर और रतनपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगी राहल गांधी छत्तीसगढ़ वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी का पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा लेने के लिए बीस अप्रैल को छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम है मिली जानकारी के अनुसार श्री गांधी भिलाई और चिरमिरी में दो सभाएं लेंगे राहल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और विधायक देवेन्द्र यादव ने आज भिलाई पहुचंकर सभा स्थल दशहरा मैदान का निरीक्षण किया

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ को कुछ देने की बजाय मोदी सरकार ने छीनने का काम किया है जिस कारण प्रदेश का काफी नुकसान हुआ है पहले धान के बोनस पर रोक लगाई गई फिर कोयला की रॉयल्टी में कटौती की गई अब चावल की कटौती से प्रदेश में दाल भात केंद्र बंद हो गए हैं श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र की अनदेखी से प्रदेश में मनरेगा का भुगतान लंबित है

इन्हें न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की अदालत ने जमानत दी है गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अमित जोगी डॉक्टर पुनीत गुप्ता मंतूराम पवार और राजेश मूणत के खिलाफ कांग्रेस की किरणमयी नायक ने पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी इसके बाद इन सभी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था लेकिन आज हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी मतदाता सूची पोर्टल भारत निर्वाचन आयोग ने देश के करीब सत्यासी करोड़ मतदाताओं की सह्लियत के लिए वोटर हेल्पलाइन एंड्रायड एप्लिकेशन शुरू किया है इसके जरिए कोई भी मतदाता अब यह पता कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन कॉल सेन्टर या निःशुल्क एसएमएस सेवा का उपयोग किया जा सकता है स्वीप कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाया जा रहा है राजधानी रायपूर में मोर रायपूर वोट रायपूर के तहत पूरे जिले में इन दिनों महिला मतदाताओं पर आधारित कई अभियान चलाए जा रहे हैं महिलाए एक तरफ जहां मोटरसाइकिल रैली का हिस्सा बनकर मतदान का संदेश दे रही हैं तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर मतदान का संकल्प दिला रही हैं कल सत्रह अप्रैल को रायपुर शहर की महिलाएं कार रैली में शामिल होकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगी इसके अलावा आज शाम चार सौ से ज्यादा महिलाएं जायके और फैशन से संबंधित कार्यक्रमों का हिस्सा बनेगी वे फैशन शो में रैम्प वॉक करेंगी साथ ही स्वीप सलाद कार्यक्रम के जरिए सेहतमंद भोजन की नई रेसिपी लोगों के सामने लाएंगी इस कार्यक्रम में बनाए गए सभी खाद्य पदार्थों के नाम चुनाव से जुड़े होंगे रेल सप्ताह पुरस्कार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज बिलासपुर में चौसठवां रेल सप्ताह समारोह मनाया गया इस मौके पर रेलमंडल के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोईन उपस्थित थे समारोह में रेलमंडल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीस अधिकारियों और एक सौ इकतालीस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया साथ ही उल्लेखनी कार्य करने वाले तीन रेलमंडलों के विभिन्न विभागों को उत्कृष्टता शील्ड प्रदान की गई मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और आज कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक ओला वृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी है संक्षिप्त समाचार जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी की कल जयंती मनाई जाएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं रायपुर प्रेसक्लब में आम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने आदर्श आचार संहिता और सी विजिल ऐप के साथ ही निर्वाचन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया प्रतिनिधियों को दीं प्रदेश कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने तीसरे चरण के दौरान कल बिलासपुर पहुंचेगी दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने ठोठापारा के जंगलों से एक इनामी जनमिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था